मामले की सुनवाई करते हए मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साह की युगल पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें समितियों को भंग करने का आदेश जारी किया गया था हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहकारी समितियां निर्वाचित होती हैं उन्हें ऐसे भंग नहीं किया जा सकता गौरतलब है कि बीते तेईस जुलाई को राज्य सरकार ने प्रदेश की एक हजार तीन सौ तैंतीस सहकारी समितियों को भंग करने का आदेश जारी किया था बाद में हाइकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था हाईकोर्ट आरक्षण सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मौजूदा सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण के साथ ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला लिया है इन मामलों की सुनवाई छह जनवरी को होगी गौरतलब है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर बयासी प्रतिशत कर दिया था इसमें ओबीसी के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण शामिल है इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी बाद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी वर्ष दो हजार बारह में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बीस से बढ़ाकर बत्तीस फीसदी कर दिया गया था वहीं अनुसूचित जाति का कोटा सोलह से घटाकर बारह फीसदी कर दिया गया था इसके बाद राज्य में कुल आरक्षण अंठावन फीसदी हो गया था इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी राज्यपाल मुलाकात छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य मुलाकात की उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अब तक किए गए कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की इसके बाद राज्यपाल उप राष्ट्रपति भवन पहुंची और वहां सामूहिक भोज में शामिल हुई इस भोज में सभी राज्यों के राज्यपाल उपस्थित थे राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समय नई दिल्ली के प्रवास पर हैं वे तेईस और चौबीस नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित गवर्नर्स कांफ्रेंस में शामिल होंगी लोक कला परिषद राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए राज्य लोक कला परिषद का गठन करने के साथ ही जल्द ही लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं राज्य लोक कला परिषद एक स्वायत्तशासी इकाई के रूप में कार्य करेगी यह परिषद लोक कलाओं से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के साथ ही प्रदेश की लोककला मंडलियों को पंजीकृत करेगी परिषद उन्हें वाद्य यंत्र तथा अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराएगी वहीं इन मंडलियों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकासखण्ड जिला और राज्य स्तर पर परिषद द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी परिषद को उत्कष्ट कलाकारों को मानदेय देने का अधिकार भी होगा यह लोक कला परिषद राज्य की पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरों वाले स्थानों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन कर लोक कलाओं के संरक्षण के लिए राज्य शासन को सुझाव देने का कार्य भी करेगी राज्य सरकार इसके साथ ही मानस मंडलियों को बढ़ावा देने के लिए भी एक कार्ययोजना बना रही है मुख्यमंत्री धान अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और नागरिकों से आव्हान किया है कि वे पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान को छत्तीसगढ़ में खपाने से रोकें और इस काम में शासन प्रशासन को सहयोग करें मुख्यमंत्री ने कल राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित करते हए कहा कि प्रदेश सरकार अपना वादा पूरा करेगी और हर हाल में किसानों का धान पच्चीस सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदेगी श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल का चावल लेने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं उन्होंने कहा कि इस साल खरीफ मौसम में पच्यासी लाख मीटरिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है इस बीच राज्य में अवैध धान परिवहन के खिलाफ प्रशासन की धर पकड़ जारी है अब तक एक लाख चार हजार क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है इसके अलावा धान के परिवहन में लगे एक सौ पचहत्तर वाहनों को भी जब्त किया गया है

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नये ग्राम पंचायतों के गठन के पहले पेसा कानून के नियम बना लिए जाएंगे पेसा कानून में प्रावधानों के तहत आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों के परंपरागत रीति रिवाज धार्मिक और सामाजिक पद्धतियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाएगी श्री सिंहदेव आज रायपुर में पेसा राज्यों में ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित गुजरात महाराष्ट्र झारखण्ड ओड़िशा जैसे दस पेसा राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं भारत सरकार के पंचायत राज्य मंत्रालय के विशेष सचिव डॉक्टर बाला प्रसाद संयुक्त सचिव आलोक प्रेमनागर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया माओवादी घटना बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि बासागुडा थाना क्षेत्र में जवानों को गश्त पर रवाना किया गया था इसी दौरान तर्रेम कैम्प से सारकेगुड़ा लौटते समय यह हादसा हो गया घायल जवान को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं दंतेवाड़ा जिले के पुसपाल गांव में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में दो ग्रामीण घायल हो गए हैं ये ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में लगे हए थे दुर्घटना बेमेतरा जिले में बीती शाम एक कार के अनियंत्रित होकर तालाब में गिर जाने से एक बच्चे सहित आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इनमें चार महिलाएं शामिल हैं मृतकों में सात लोग एक ही परिवार के सदस्य थे जो बेमेतरा क्षेत्र के गांव देवरी नांदल के रहने वाले थे यह हादसा कल देर शाम मोहभट्टा गांव के पास उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार तालाब में जा घुसी पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि हादसे के शिकार सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंदनू की ओर जा रहे थे इन सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद आज उनके पैतृक गांव में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर पूर्व मंत्री दयालदास बघेल और विधायक गुरूदयाल बंजारे भी मौजूद थे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं दुर्ग न्यायालय फैसला दुर्ग जिला न्यायालय ने भिलाई में पांच साल पहले एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी शासकीय चिकित्सक सहित दो आरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इस प्रकरण में पीड़िता ने घटना के कुछ माह बाद ही आत्महत्या कर ली थी मामले की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में हई न्यायालय ने आरोपियों को अर्थदंड भी लगाया है मतदाता सत्यापन देश में चल रहे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है बीते सात दिनों में पच्चीस फीसदी बढ़त के साथ अठहत्तर फीसदी मतदाताओं ने सत्यापन कराया है जो कि शत प्रतिशत लक्ष्य के काफी करीब है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पन्द्रह नवम्बर तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में तिरपन फीसदी मतदाताओं ने सत्यापन कराया था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समीर विश्नोई ने सभी जिला अधिकारियों को मतदाता सत्यापन के इस राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को तीस निर्वाचन नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में इंडिया ट्रडे ग्रुप द्वारा आज दिल्ली में आयोजित स्टेट ऑफ द स्टेट कॉनक्लेव में छत्तीसगढ़ को सर्वोत्तम समावेशी विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया आज श्यामसुंदर गुप्ता ने रायपुर के और आलोक सहाय ने बिलासपुर के नये रेल मंडल प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बीजापुर और बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे रायगढ़ जिले के पंजरी प्लांट स्थित न्यू ऑडिटोरियम में आज राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया इस मौके पर लोक कलाकारों ने अनेक आकर्षक प्रस्तुतियां दीं कोरबा और कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक जारी है हाथियों ने सोनपुरी में दस से अधिक किसानों की फसल बर्बाद कर दी है परिक्षेत्र में इन दिनों बयानवे हाथियों का दल विचरण कर रहा है जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के इंजको गांव में आज स्कूल बस और ट्रैक्टर में हुई टक्कर में बस चालक सहित तीन बच्चे घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए पत्थलगांव अस्पताल मे भर्ती कराया गया है कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया